आज शिमला में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव व पर्यवेक्षक सुनील देवधर ने राजीव बिंदल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष पद के लिए बिंदल ने ही नामांकन पत्र दाखिल किया था और इसलिए उनका चुनाव सर्वसम्मति से हुआ इस मौके केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व पर्यवेक्षक रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र प्रदेश भाजपा प्रभारी मंगल पांडेय केंद्रीय वित्त व कारपोरेट राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र सहित मंत्रिगण और बड़ी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया उन्होंने कहा कि वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे बिंदल ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं को साथ लेकर भाजपा को और मजबूत करना उनकी प्राथमिकता रहेगी इस मौके मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने अध्यक्ष बनने पर बिंदल को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में संगठन को मजबूती मिलेगी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नाते राजीव बिंदल ने सराहनीय काम किया है और अब उन्हें पार्टी अध्यक्ष के रूप में खुलकर काम करने का अवसर मिलेगा जिससे संगठन मजबूत होगा राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लोगों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने का आहवान किया है शिमला स्थित राजभवन में आज गांधी कथा का आयोजन किया गया जिसमें राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जिसे अमल में लाने की जरूरत है उन्होंने महात्मा गांधी को ज्ञान त्याग तपस्या व सादगी की प्रतिमूर्ति बताया और कहा कि उन्होंने अपना जीवन एक कर्मयोगी की तरह बिताया बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन दर्शन भारत ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय के लिए भी प्रेरणादायक है इस अवसर पर प्रमुख गांधीवादी डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण ने गांधी जी के जीवन और दर्शन पर विस्तृत प्रस्तुति दी

हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साहित है और स्कूलों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के लिए प्रबंध किए गए हैं मंडी जिले में राजकीय आदर्श कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल जोगिन्द्रनगर की छात्राएं भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार सुनने को लेकर उत्साहित है उधर जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के बच्चे भी परीक्षा के दौरान तनाव को कम करने संबंधी प्रधानमंत्री के विचार सुनने को लेकर उत्सुक है फिट इंडिया फिट इंडिया अभियान के तहत आज प्रदेश भर में जागरूकता रैलियों का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को फिट रहने का संदेश दिया गया नेहरू युवा केंद्र द्वारा चम्बा में आयोजित वाकाथन को उपायुक्त विवेक भाटिया ने हरी झंडी दिखाई उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इस दौरान युवाओं को फिट इंडिया अभियान में जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है उधर सोलन में डीएसपी योगेश जोशी ने फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाई उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रह कर खेलों में भाग लेने का आहवान किया कुल्लू के रथ मैदान में भी इस मौके साइकल रैली का आयोजन किया गया

लाहौल स्पीति व किन्नौर जिलों को छोड़कर प्रदेश में पांच वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में भारी बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने पर यह अभियान फिलहाल स्थगित कर दिया गया है प्रदेश भर में लाखों बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं और बड़ी संख्या में पोलियो बूथ बनाए गए हैं

राजधानी शिमला में भी शाम के समय बजरी के साथ बर्फ के हल्के फाहे गिरे किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले की ऊपरी चोटियों पर आज दिन भर हल्का हिमपात होता रहा किन्नौर जिले में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चट्टाने गिरने से पांगी नाला से आगे यातायात बंद है और पूह उपमंडल का अन्य भागों से संपर्क कट गया है